चतरा जिले में आज से तीन दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन

वित्तमंत्री वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार नोवोल कोरोना वायरस के उद्योग जगत पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए जल्द ही उपायों की घोषणा करेगी वित्तमंत्री ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप और उसकी वजह से भारत के व्यापार में किसी संभावित बाधा के बारे में उद्योग और अन्य संगठनों के साथ कल नई दिल्ली में बैठक की उन्होंने बाद में संवाददाताओं से औषधि वस्त्र रसायन मोटरवाहन पेंट और दूरसंचार क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ कोरोना वायरस के असर के बारे में अपने विचार साझा किए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि रसायन औषधि और सौर उपकरण निर्माताओं ने चीन से कच्चे माल की आपूर्ति में व्यावधान आने के बारे में अपने विचार खुलकर रखे वित्तमंत्री आज संबंधित मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक करेंगी और विस्तृत विचार विमर्श के बाद जल्द कुछ उपायों की घोषणा की जाएगी वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि वायरस के प्रकोप के बाद कीमतों में बढोतरी को लेकर कोई चिंता नहीं है इटखोरी महोत्सव चतरा जिले में तीन दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है जिले के उपायुक्त जितेंद्र कमार सिंह ने बताया कि इटखोरी के महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना इटखोरी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है महोत्सव के पहले दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा उपायुक्त ने यह भी बताया कि मां भद्रकाली मंदिर तीन धर्मों की संगम स्थली है और महोत्सव के मौके पर सनातन धर्म के साथ साथ जैन और बौद्ध के लोग भी उपस्थित रहेंगे षिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि बेहतर शिक्षा नीति के साथ सरकारी विद्यालयों में सुधार होगा उन्होंने बेहतर परिणाम के लिए शिक्षकों और अभिभावकों के बेहतर तालमेल पर जोर दिया है श्री महतो खुंटी जिले के कर्रा के प्लस ट्र उच्च विद्यालय में बच्चों के बीच बैग वितरण के बाद उपस्थित विद्यार्थियों और अभिभावकों को संबोधित कर रहे थे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को तहत कक्षा एक से आठवी तक के सभी बच्चों को बैग दिए गए श्री महतो ने कहा कि शिक्षा नीति को बेहतर बनाने की जरूरत है सरकारी विद्यालय के बच्चे कैसे अव्वल आए इसकी चिंता शिक्षकों और अभिभावकों को करनी होगी शिक्षक और अभिभावकों के सही समन्वय से बच्चों का परीक्षा परिणाम बेहतर किया जा सकता है समीक्षा बैठक साहेबगंज जिले के उपायुक्त वरुण रंजन ने नियमित रूप से बंद पाये जाने वाले विद्यालयों पर प्रशासनिक कार्रवाई का निर्देश दिया है जिले के पदाधिकारियों के साथ कल ज्ञान सेत् और ई विद्या वाहिनी की समीक्षा बैठक में उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निर्देष दिया बैठक में यह भी दिशा निर्देश दिया गया कि सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी साप्ताहिक रूप से सीआरपी बीआरपी के साथ बंद विद्यालयों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे हजारीबाग स्पेषल स्टोरी पेयजल व स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के सचिव परमेष्वरन अय्यर ने हजारीबाग के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ कल वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा बैठक की उन्होंने इकतीस मार्च तक जिले के सभी शौचालयों को पूरा करने का निर्देष दिया

जेपीएससी कार्यालय में दो चरणों में साक्षात्कार होगा पहला चरण चौबीस से अठाइस फरवरी तक और दूसरा दो से छह मार्च तक चलेगा प्रमाणपत्रों की जांच तथा साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अपना कॉल लेटर आयोग की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन तथा जन्मतिथि डालकर अपलोड कर सकते हैं आयोग ने शनिवार को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नीस फरवरी दो हजार पंद्रह को राजस्थान के सूरतगढ़ में मुदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरूआत की थी इसका उद्देश्य किसानों को हर दो साल बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है तार्कि उन्हें अपनी जमीन में पोषक तत्वों की कमी का पता चल सके आकाशवाणी से बातचीत में कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा है कि मुदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है देश में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने की योजना भी शुरू की गई है इंधर दिल्ली में कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित मुदा स्वास्थ्य दिवस पर होने वाले सेमिनार में राज्य के तीन डॉक्टर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे इसमें पंचमी देवी पार्वती देवी और रोहित शाही मुंडा शामिल हैं खूंटी स्पेषल स्टोरी खूंटी जिला प्रशासन ने किसानों की बेहतर आमदनी के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं इनमें से एक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड का निर्माण इसे लेकर किसानों के बीच लगातार जागरूकता अभियान चलाया है

इस घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ यात्रियों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचायी अगजनी में यात्रियों के लाखों रुपये के समान जलकर बर्बाद हो गए जानकारी के अनुसार बस रांची से पाकुड आ रही थी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इंजन में खराबी की वजह से यह घटना घटी संक्षिप्त खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स की महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है इस मामले में क्यूआरटी टीम के दो जवानों को निलंबित कर दिया गया है साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है

गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र में ट्रेलर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई